और मौसम विभाग ने कहा पछुआ हवा के कारण ठं डमें होगी व्रद्धि

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगई ने यह आदेश दिया रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में पांच मई दो हजार पन्द्रह से सोलह अगस्त दो हजार सत्रह के बीच दो हजार पांच सौ चौंसठ दावों का निपटारा किया गया था आरोप है कि क्लेम देने में नियमों की अवहेलना की गयी एक सौ से अधिक ऐसे मामले हैं जिसमें एक ही व्यक्ति के नाम पर चार चार बार मुआवजे की राशि दी गयी इस मामले में पूर्व मध्य रेलवे के कई अधिकारी बैंक अधिकारी और अधिवक्ता संदेह के घेरे में हैं बहुचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले की जांच के लिए एनआईए की टीम मूंगेर पहुंच गयी है डीएसपी एनके मालवीय के नेतृत्व में तेरह सदस्यीय टीम इस मामले से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच करेगी पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि आज इस केस से जुड़े सारे कागजात एनआईए को सौंप दिये जायेंगे इस मामले में छह प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं और दस लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है मुंगेर से बीस एके सैंतालीस राइफल और इसके कल पूर्जे बरामद होने के तार अन्य राज्यों से जुड़ने के बाद इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया था केन्द्र सरकार ने कहा है कि एक महीने के भीतर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार एक लाख लाभार्थियों ने देशभर के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधायें प्राप्त की हैं

प्रधानमंत्री जी का सपना कि गरीब और मार्जिनल सेक्शनों की जो सोसायटी है जो वंचित है और अब वह स्वास्थ्य के लाभ से वंचित न रहे इसको हम पूरा करने में लगे हैं केंद्रीय आयूष राज्यमंत्री श्रीपद नाईक ने कहा है कि सरकार देश के प्रत्येक जिले में पचास बिस्तरों वाला एक एक आयुर्वेद अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रही है श्री नाईक ने कहा कि गांव स्तर पर एक एक आयुर्वेदिक क्लिनिक बनाया जाएगा रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि दानापुर मंडल के विकास कार्यो पर तीन हजार छह सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे श्री सिन्हा ने कहा कि मोकामा में गंगा नदी पर वर्तमान रेल पुल के समानांतर प्रस्तावित रेल पुल का निर्माण कार्य अगले महीने से शुरू हो जायेगा उन्होंने कहा कि मुगलसराय झाझा तीसरी लाईन का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा श्री सिन्हा ने बक्सर से बनारस के लिए मेमू ट्रेन चलाने की घोषणा की रेल राज्य मंत्री आज किउल गया रेल खंड पर स्थित नवादा स्टेशन से किउल के लिए मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे बाद में श्री सिन्हा पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर दो स्वचालित सीढ़ियों का भी लोकार्पण करेंगे प्रदेश के सूखा प्रभावित तेईस जिलों के दो सौ छह प्रखंडों के किसान फसल सहायता अनुदान के लिए आज से ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे जिन किसानों ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है उन्हें आवेदन से पहले पंजीकरण कराना होगा कृषि विभाग की डीबीटी वाली साइट पर जाकर फसल सहायता अनुदान के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है प्राकृतिक आपदा नियमों के तहत किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए प्रति हेक्टेयर अड़सठ सौ रूपये की दर से सहायता राशि मिलेगी इधर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने अधिकारियों को पंचायतों में जल्द से जल्द कृषि कार्यालय खोलने का निर्देश दिया है विभागीय बैठक में श्री कुमार ने पन्द्रह नवम्बर तक कृषि इनपुट अनुदान और फसल सहायता योजना के लाभ के लिए शत प्रतिशत किसानों का निबंधन सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया राज्य सरकार प्रदेश के सभी पैक्सों को कृषि यंत्रों की खरीद के लिए पचास प्रतिशत अनुदान देगी अनुदान की राशि में आधी केन्द्र सरकार और आधी राज्य सरकार देगी अनुदान के अलावा लागत की शेष राशि पैक्सों को सहकारिता बैंक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज के रूप में देगा सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने बताया कि पैक्सों से अपने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से यंत्रों की सूची मांगी गयी है सूची मिलते ही उन्हें राशि उपलब्ध करा दी जायेगी पछ्आ हवा चलने के कारण प्रदेश में आज से तापमान सामान्य से नीचे जाने की सम्भावना है जिससे ठंड में वृद्धि होगी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश से आने वाली पछुआ हवा और नेपाल से आने वाली उत्तरी हवा के प्रभाव के कारण प्रदेश के अधिकतर स्थानों का तापमान सामान्य से नीचे चला जायेगा राजद विधायक अबु दोजाना की कई ऐसी परियोजनाओं का पता चला है जिसका निबंधन रेरा के तहत नहीं करवाया गया है सूत्रों ने बताया कि पटना और मुजफ्फरपुर में पन्द्रह से अधिक परियोजनाएं ऐसी मिली हैं जो निबंधित नहीं हैं इस संबंध में कई लोगों ने शिकायत दर्ज करायी है गौरतलब है कि कर चोरी के मामले में आयकर विभाग अब्र दोजाना के ठिकानों पर छापेमारी कर चुका है केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार में लघु उद्योगों की संख्या देश में सबसे अधिक है राज्य में पांच लाख अठासी हजार दो सौ छोटे उद्योग मौजूद हैं जबकि महाराष्ट्र पांच लाख सड़सठ हजार चार सौ छियासी उद्योगों के साथ दूसरे स्थान पर हैं आंकड़ों में बताया गया है कि लक्षद्वीप में सबसे कम चौंतीस छोटे उद्योग पंजीकृत हैं वित्त मंत्रालय ने सितंबर माह के लिए जीएसटीआर थ्री बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर पच्चीस अक्टूबर कर दी है मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जुलाई दो हजार सत्रह से मार्च दो हजार अठारह की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का पच्चीस अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चार सौ उन्नीस प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों चौवन सहकारी समितियों सात स्वाबलंबी सहकारी समितियों छह व्यापार मंडल सहयोग समितियों और तीन पैक्सों का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया है इन समितियों के रिक्त पदों के लिए चार नवम्बर और तीस नवम्बर को मतदान होंगे चंडीगढ़ में कल से शुरू होने वाली सीनियर राष्ट्रीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है स्मिता महरौर को टीम की कप्तानी सौंपी गयी है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 हिन्दुस्तान लिखता है सीबीआई के नम्बर दो अफसर पर केस मीट कारोबारी को बचाने के लिए घूस लेने का आरोप दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है भारत की सम्प्रभुता को ललकार पर दोगुनी शक्ति से देंगे जवाब दैनिक भास्कर की सुर्खी है कश्मीर में तीन जवान शहीद पांच आतंकी ढेर विस्फोट में सात नागरिकों की गयी जान प्रभात खबर ने वेस्टइंडीज पर भारत की जीत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा लिखता है बेगूसराय लोकसभा सीट के लिए नहीं होगा उपचुनाव आज की सुर्खी है रक्सौल से आठ करोड़ साठ लाख रूपये की चरस बरामद